कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भाजपा भवन व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी बल्कि पार्टी के लिए समर्पित होगी विभिन्न क्षेत्रों से पार्क पर भाजपा पार्टी के कार्यालय बनने पर विरोध जताए जाने पर श्री खांड्र ने कहा कि राजधानी क्षेत्र के किसी मुख्य स्थान पर जंहा बेहतर साफ सफाई बिजली और शेड की सुविधा हो वहा विरोध प्रदर्शन के लिए भूमि आवंटित किया जाएगा राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन के सदस्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के तीन योजनाओं में अपना नाम भरने के लिए आयोजित विशेष नामांकन कैंप तीन और दिनों के लिए बढ़ाया गया है कैंप का उद्घाटन पांच जनवरी को किया गया था प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुख्य मंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना में ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन सदस्यों का नामांकन किया जा रहा है कार्यक्रम नाहरलगुन में आयोजित हो रहा है

त्योहार में मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शरीक हुए त्योहार में भाग लेते हुए श्री खांडू ने कहा कि तूतिंग प्रदेश के संपन्न सांस्कृतिक धरोहर को अपने विविध संस्कृति और बोलियों के जरिए दर्शाता है चाईम पेमा कोड कल्याण सोसायटी द्वारा सौंपे एक ज्ञापन का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत ब्रूद्व पार्क और ब्रूद्व की प्रतिमा के निर्माण के लिए धनराशी उपलब्ध कराया जाएगा उन्होंने पर्यटन और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बौद्ध सर्किट निर्माण के लिए योजना बनाने का भी आश्वासन दिया श्री खांडू ने इस अवसर पर लोगों को बताया कि तूतिंग सबडिविजन ट्रेजरी कार्यालय टूरिस्ट लॉज और जिला सहायक उपायुक्त कार्यालय के लिए फंड जारी किया जा चुका है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज देशभर में जवाहार नवोदया विद्यालयों में पांच हजार सीट बढ़ाने को मंजूरी दे दी इन अतिरिक्त सीटों पर दो हजार उन्नीस बीस के शैक्षिक सत्र में दाखिले किए जाएंगे एक वक्तव्य में श्री जावड़ेकर ने कहा कि जवाहर नवोदया विद्यालयों में अब सीटों की संख्या छियालिस हजार छह सौ से बढ़कर इक्यावन हजार हो गई हैं उन्होंने कहा कि पहली बार ग्रामीण छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाकर देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है लोकसभा में कल नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार सोलह पेश करने के भारतीय जनता पार्टी के फैसले के बाद असम गण परिषद ने असम में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है परिषद के अध्यक्ष और असम के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने आज नई दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद गठबंधन सरकार से अलग होने की घोषणा की असम गण परिषद के गठबंधन से अलग होने के बावजूद असम में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है नाहरलगुन के लेखी में सोमवार को विधायक तेची कासो और राजधानी क्षेत्र उपायुक्त प्रिंस धवन ने मुख्यमंत्री समस्त शिक्षा योजना के तहत राजकीय विद्यालय लेखी में स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचा का उदघाटन किया राजधानी क्षेत्र उपायुक्त और श्री कासो ने बारापानी कोलोनी से यूपिया रोड डाउन कोलोनी के लिंक रोड का भी उद्घाटन किया राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन की पहल पर संबंद्व लिंक रोड में सुधार कार्य चल रहा है नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में आगंनवाड़ी कार्यकर्ता मोनिका अरांगहम को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दो हजार सत्रह अटठारह के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया

आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत वितरण को सुनिश्चित करने व पल्स पोलियों टीकाकरण में उनकी पहल और स्थानीय पंचायतों के साथ सहयोग व समंन्वय स्थापित करने जैसी असाधारण सेवा के लिए मोनिका अरांगहम को पुरस्कृत किया गया लोअर सियांग में कल उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने नारी के दायिंग ईरिंग फुटबॉल स्टेडियम में ताको दाबी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के पहली संस्करण का उद्घाटन किया प्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष ताको दाबी की योगदान का स्मरण करते हुए श्री मैन ने उन्हें आध्रनिक अरुणाचल के आग्रणी राजनेताओं में से एक कहा उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य कृषि एवं बागवानी सेक्टरों में दिवंगत दाबी की योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा